मुख्यमंत्री आवास में सत्रह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई पहचान राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में कोरोना संदिग्घों की पहचान के लिए रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट कराने का दिया निर्देश खूंटी गिरिडीह लातेहार और घनबाद जिले में विभिन्न दुर्घटनाओं में नौ लोगों की हुई मौत चार अन्य लोग घायल राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बारह हजार दो सौ अड़तीस हो गयी है अभी राज्य में कोरोना के साढ़े सात हजार से अधिक सकिय मामले हैं और साढ़े चार हजार से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चके है

जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है इधर पाकुड़ के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने भी आज जिले में तेरह नये कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि की है

लोहरदगा जिले में सोलह नये संक्रमितों की पहचान हुई इघर सिमडेगा जिले के सोगड़ा गांव निवासी वीरेन इंगड़ंग की कोरोना संक्रमण के कारण आज रांची के रिम्स में मृत्यु हो गई श्रीवीरेन खूंटी जिला पुलिस बल में कार्यरत थे

रिम्स में इलाजरत एक अन्य कोरोना संक्रमित की भी मौत हो गयी मुख्यमंत्री आवास में सत्रह कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हई है राजधानी रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में जैप के कमांडो स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों और जवानों के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के निजी सचिव तथा वाहन चालक के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी समेत अन्य अधिकारियों और कर्मियों की भी कोरोना जांच करायी गयी थी और सभी जांच रिपोर्ट निगेटिव आयी थी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंटने ट्वीट कर बताया है कि उनका स्वास्थ ठीक है लेकिन वे डॉक्टेरों के परामर्श पर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं

गुहमंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच कराएं खूंटी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद पूरे शहर में जिला व्यवसायी संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बन्द का आह्वान किया गया है बन्द के दुसरे दिन भी आज लोगों ने स्वतः अपनी दुकान और प्रतिष्ठान बंद रखे कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में स्वतः स्फूर्त बंद का नजारा देखने को मिला अब लोग बेवजह घरों से निकलने से बच रहे हैं जबकि दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा ठेले खोमचे वालों का भी सहयोग मिल रहा है

पूर्वी सिंहमुम जिला प्रशासन की ओर से बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों को घर में ही रख कर इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है

इस दौरान उपायुक्त ने सभी निजी संचालकों को सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हए एसिप्टोमेटिक मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया उपायुक्त ने यह मी कहा है कि निजी अस्पताल किसी भी कीमत पर मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं करेंगे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 राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में कोरोना संदिग्धों की पहचान के लिए रैपिड एंटीजन कोविड टेस्ट कराने का निर्देश दिया है इस कम में आज हजारीबाग में भी छह स्थानों पर कोविड जांच शिविर लगाया गया

इधर सिमडेगा जिला मुख्यालय और प्रखंडों में भी कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया शिविरों में काफी संख्या में लोगों ने जांच कराई रेल मंत्रालय ने अपने विभिन्न जोन और मंडलों में सेवानिवृत्त हए दो हजार तीन सौ बीस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पहली बार वर्चअल तरीके से विदाई समारोह का आयोजन किया रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेवानिवत्त हए कर्मचारियों को उनकी समर्पित सेवाओं और कोविड के खिलाफ लडाई में रेलवे का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने रेलवे के सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे समाज की भलाई और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में मदद के लिए अपनी सेवाएं देते रहें सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों ने विदाई समारोह में आने और इसे यादगार बनाने के लिए रेल मंत्री का आमार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि वे हमेशा ही रेल परिवार का हिस्सा बने रहेंगे राज्य के वित्तमंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से आज लोहरदगा में लोहरदगा जिला सहायक पुलिस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर उराव को बताया कि वर्ष दो हजार सत्रह में सहायक पुलिस के पद पर बहाली हुई थी जिसमें उन्हें अपने क्षेत्र में रह कर कार्य करने की बात कह कर भर्ती लिया गया लेकिन भर्ती के बाद सभी सहायक पुलिस से जिला बल के जैसा कार्य लिया जा रहा हैं इसके अलावा उनकी ड्यूटी यातायात व्यवस्था कोरोना महामारी चुनाव और नियंत्रण कक्ष में भी लगाई जा रही है इसलिए मानदेय में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और सेवा स्थायीकरण के मुददे पर सरकार को विचार करना चाहिए श्री उरांव ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा दिलाया जम्मू कश्मीर के कठ्आ जिले में हीरा नगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निवासियों को इस बात की बहत खुशी है कि पिछले एक वर्ष में उनके क्षेत्र में विकास की अनेक योजनाएं पूरी की गई हैं छह पूलों राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर संपर्क मार्गो के निर्माण के माध्यम से दो दर्जन सीमावर्ती और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ दिया गया है इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे में काफी प्रगति हुई है वैश्विक महामारी कोरोना संकमण काल के बीच भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन को लेकर पलामु जिले में भी इस बार बहनों ने खास तैयारियां कर रखी है

उपायुक्त के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मिठाई द्वानों में जाकर मिठाईयों के सैंपल लिये और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया राज्य में मॉनसुन के दौरान अब तक सामान्य से करीब चौदह फीसदी कम बारिश हई है

उन्होंने बताया कि राज्य में इस अवधि में सामान्य रूप से करीब पांच सौ चालीस मिलीमीटर बारिश होती है लेकिन इस बार अब तक चार सौ पैसठ मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गयी है उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव के कारण आगामी चार और पांच अगस्त को राज्य के समी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है राज्य के खूंटी गिरिडीह लातेहार और धनबाद जिलों में आज अलग अलग हादसों में नौ लोगों की मौत हो गयी खुंटी सिमंडेगा मुख्य सडक मार्ग पर आज ट्रक स्कटी और मोटरसाईकिल के बीच हई टक्कर में दो लोगो की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि एक महिला समेत चार लोग घायल हो गये घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा बाद में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने के बाद जाम हटा लिया गया इधर गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज कए से एक महिला और उसके पृत्र का शव बरामद किया लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के पांडेयपुरा गांव में चार वर्षीय बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई इसी थाना क्षेत्र के सुकरी नदी से आज एक अज्ञात वृद्ध के शव को बरामद किया गया जबकि जिले के ही बालूमाथ थाना ऑटो के असंतुलित होकर पलट जाने से उस पर सवार एक पचास वर्षीय महिला और उसके पांच वर्षीय पोते ही मौत हो गयी जबकि धनबाद जिले में ट्रंडी थाना अंतर्गत संग्रामडीह के पास आज सुबह सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई अब संक्षिप्त खबरें खूंटी जिले की पुलिस ने एक हत्याकांड मामले का खूलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ़तार कर लिया है पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक युवक की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने शूटर समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया है केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आज हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड के गोपलो गांव में पौधरोपण किया गया रामगढ़ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट सह छावनी परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर एनएस चारग कल साइकिलिंग के दौरान तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्त्ती कराया गया है